नायडु मातृभाषा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश की अनूठी भाषायी विरासत को बचाये रखने पर जोर दिया है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में उन्होंने कहा कि मातृभाषा को प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है उपराष्ट्रपति ने नीति निर्माताओं से अनुरोध किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्राथमिक कक्षाओं के स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही हो उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मातृभाषा को भुलाये बिना जितनी भाषायें संभव हो सीखनी चाहिए स्थायी कमीशन थल सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे ने कहा है कि सेना लैंगिक समानता का सम्मान करती है उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के आदेश से इस दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता साफ होगा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

सेना प्रमुख ने कहा कि भारतीय सेना ने कई स्तरों पर महिलाओं को भर्ती करने की पहल की थी जम्मू कश्मीर की स्थिति पर सेना प्रमुख ने कहा कि आतंकी घटनाओं में कमी आई है तथा सेना आतंकवादी गुटों पर दबाव बनाए हुए है एक भारत श्रेष्ठ भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान देश भर में चल रहा है

इसके तहत हम आपको मध्यप्रदेश के पार्टनर स्टेट मणिपुर की लोककला रहन सहन पर्यटन स्थलों और संस्कृति से रू ब रू करा रहे हैं

इस अवसर पर राज्य आनंद संस्थान द्वारा प्रदेश में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई शहरों में राज्य आनंद संस्थान के आनंदकों ने स्कूल कॉलेजों में शिक्षकों और विद्यार्थियों को गरीबी बेरोजगारी और भेदभाव को खत्म करने का संकल्प दिलाया इस अवसर पर राज्य के कई स्थानों पर महिलाओं दिव्यांगों के कल्याण के लिए प्रशिक्षण और रोजगार के लिए पुनर्वास कार्यक्रम भी आयोजित किये गये खजुराहो उत्सव प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में अब से कुछ देर बाद शास्त्रीय नृत्य समारोह की शुरूआत होगी इस समारोह में प्रसिद्ध कत्थक नृत्यांगनाउमा शर्मा की प्रस्तुति के साथ ही जतिन गोस्वामी सचित्रा मीरादास और उनके साथी ओडिसी नृत्य प्रस्तुत करेंगे सात दिन तक चलने वाले इस समारोह में देश के अन्य ख्याति प्राप्त कलाकार कत्थक नाटयम मोहिनी अटट्म कथकली जैसे शास्त्रीय नृत्यों की प्रस्तुति देंगे

उन्होंने आज छिंदवाड़ा में सभी धर्मो के सामूहिक विवाह सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि यह सम्मेलन भारत की मिली जुली संस्कृति का प्रतीक है यह हमारी सबसे बड़ी शक्ति है हमारे संवाददाता ने बताया कि यह आयोजन प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा सामूहिक विवाह सम्मेलन है

इस उपलब्धि को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है मुख्यमंत्री ने जिले के उमरहर ग्राम में आदर्श गौशाला के शुभारंभ के साथ ही यहां प्रदेश की पहले अक्षयपात्र किचन निर्माण का भूमिपूजन भी किया मतदाता सूची राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों के लिए फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित कर दिया है

इस अवसर पर शिवमंदिरों में पूजा अर्चना के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित जायेंगे होशंगाबाद जिले में महाशिवरात्रि की विशेष तैयारियां की जा रही है इस दिन नर्मदा घाट पर स्थित महादेव मंदिर से शाही सवारी निकाली जायेगी रायसेन जिले के भोजपुर में कल से दो दिवसीय भोजपुर उत्सव प्रारंभ होगा जिसमें शिवभक्ति आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये जायेंगे महाशिवरात्रि पर यहां स्थित शिवमंदिर में प्रतिवर्ष विशाल मेला आयोजित किया जाता है जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्वालु शिव के दर्शन के लिए आते हैं संस्कृति विभाग द्वारा इस महोत्सव के पहले दिन शिवरतन यादव का बुंदेली लोकगायन होगा और औरंगाबाद की पार्वती दत्ता अपने दल के साथ शिव केन्द्रित नृत्य प्रस्तुत करेंगी जबकि दूसरे दिन भोपाल की विभा शर्मा का भजन गायन मुम्बई की रमिन्दर खुराना का ओडिसी नृत्य और जबलपुर की संजो बघेल भक्ति गायन की प्रस्तुति देंगी खंडवा जिले में महाशिवरात्रि पर्व की व्यापक तैयारियां की गई है

देवास जिले में भी महाशिवरात्रि की उपलक्ष्य में व्यापक तैयारियां की गई हैं कल यहां विशाल शिव बारात निकाली जायेगी

गोताखोरों ने इसमें सवार सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया है